निर्वाचन आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग पचास प्रतिशत झारखण्ड में तिरेपन हिमाचल प्रदेश में पैतालीस पंजाब में अड़तीस उत्तरप्रदेश में छियालीस चंडीगढ़ और बिहार में सैतीस सैतीस प्रतिशत वोट डाले जा चुके हैं मतदान शाम छह बजे तक चलेगा इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कमार और शत्र्घ्न सिन्हा के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इस चरण से होगा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपुर्ण मतदान के लिये व्यापक सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं

प्रदेश मतदान प्रदेश की आठ संसदीय सीटों पर आज हो रहे मतदान के तहत अभी तक करीब छियालीस फीसदी मतदान हुआ है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक देवास में करीब इक्यावन फीसदी उज्जैन में सैतालीस मंदसौर में पचास रतलाम में सैतालीस धार में सैतालीस इंदौर में अड़तीस खरगोन में पैतालीस और खंडवा में छियालीस फीसदी मतदान होने की खबर है

खंडवा संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजुदा सांसद नंदकमार सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बीच है

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे